बिहार की समस्तीपुर और महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट के लिए कल मतदान होगा

कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि खींवसर विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस के हरेन्द्र मिर्धा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भाजपा गठबंधन के नारायण बेनीवाल के बीच कडा मुकाबला है उधर मंडावा विधानसभा सीट पर भी मुकाबला रोचक है यहां कांग्रेस और भाजपा ने महिला प्रत्याशियों पर दाव खेला है कांग्रेस ने जहां एक बार फिर रीटा चौधरी को मैदान में उतारा है वहीं भाजपा ने सुशीला सीगडा को अपना उम्मीदवार बनाया है कल होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक की मंत्रिस्तरीय समिति की वार्षिक बैठक में उन्होंने कहा कि मंदी के संकट बनने से पहले ही व्यापारिक तालमेल बढाने अनिश्चिय दूर करने और संचयी ऋण के ऊंचे स्तर के बारे में विश्वस्तर पर समन्वित कार्रवाई करने की आवश्यकता है

बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि इसके तहत माता पिता के नाम शैक्षणिक योग्यता और पते में हुई गलतियों को ठीक किया जा सकेगा उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी के नाम और जन्मतिथि में बदलाव नहीं हो सकेगा